इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक व आर्थिक स्थितियों को उपलब्ध करवाना है

ज़िला कांगड़ा में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न स्थानों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को निखार रहे हैं

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है

ये जानकारी शहरी विकास आवास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कल कांगड़ा में भारतीय खेल विकास बोर्ड द्वारा आयोजित दो दिवसीय चक दे इंडिया कब्बडी लीग मैच के समापन अवसर पर दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन को बढ़ावा दे रही है ताकि उमरते हुए खिलाड़ियों की प्रतिमाओं को निखारा जा सके बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए देश की सबसे कठिन यात्राओं में शामिल श्रीखंड कैलाश यात्रा आज से अधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है यात्रा के लिए कुल्लू ज़िला के निरमंड से माता अंबिका की पवित्र छड़ी को आज आनी क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

बेस कैंप सिंहगाड़ में पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति होगी

निचले जिलों में वर्षा होने से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है वहीं मक्की सहित धान की फसल को फायदा हुआ है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में आज सुबह की शुरूआत घने बादलों से हुई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने श्रीनयनादेवी में हुए एनकाऊंटर से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी का शीर्षक है नयनादेवी में पंजाब पुलिस का एनकांऊटर एक बदमाश ढेर अमर उजाला की सुर्खी है नयनादेवी में पंजाब पुलिस और लुटेरों में मुढमेड़ एक ढेर डीएसपी जवान घायल

दिव्य हिमाचल लिखता है पंजाब हिमाचल पुलिस ने मार गिराया बदमाश दो गिरफ्तार दैनिक जागरण के मुताबिक नयनादेवी में मुठमेढ़ एक बदमाश ढेर

दिव्य हिमाचल की एक खबर है अब महीने में तीन के बजाय दो कैबिनेट बैठकें अखबार की एक अन्य खबर है इस साल रजिस्टर्ड परिवारों को फी गैस कनेक्शन नहीं

अब जरूरत है कि लोग पौधों को पेड़ बनने तक सहेजें और पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें